प्रधानमंत्री इस महामारी के बाद के विश्व में भारत अमरीकी भागीदारी की भूमिका का उल्लेख करेंगे दोनों देशों के बीच वर्तमान और भविष्य के सहयोग पर भी विचार होगा कल से शुरू हुए दो दिन के इस सम्मेलन की मेजबानी भारत अमरीका व्यापार परिषद कर रही है

इंडिया आइडियाज समिट की थीम है बेहतर भविष्य का निर्माण अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने शिमला लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप को प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी गौरतलब है कि राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद पिछले करीब दो महीने से खाली था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुरेश कश्यप को प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सुरेश कश्यप के नेतृत्व में संगठन और अधिक उंचाईयों को छुएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला राज्य का अग्रणी विश्वविद्यालय है

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय पूरे उतर भारत क्षेत्र के प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है मुख्यमंत्री ने शिक्षकों गैर शिक्षक कर्मचारियों और विद्यार्थियों को स्वर्ण जयंती समारोह की शुभकामनाएं भी दी

उद्योगमंत्री विक्रम ठाकुर ने आज शिमला में एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत चयनित आईटीआई की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है विक्रम ठाकुर ने आईटीआई में अधिक से अधिक छात्राओं के पंजीकरण पर भी बल दिया ताकि उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके उद्योग मंत्री ने संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों से विद्यार्थियों को समसामयिक शिक्षा प्रदान करने का आहवान भी किया

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें सदन में शपथ दिलाई शपथ लेने वाले सदस्यों में भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और दीपक प्रकाश कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खडगे शामिल थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी को भी शपथ दिलाई गई राढौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना से निपटने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना संकट के दौरान लोगों की हर सम्भव मदद कर रही है राठौर ने कहा कि सरकार विपक्ष और आम जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन कांग्रेस सरकार के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ आम लोगों के साथ खड़ी है टेलीमैडिसन प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केलंग काजा पांगी और भरमौर में अपोलो टेलीमैडिसन केन्द्र खोले हैं कोरोना महामारी के संकट काल में केलंग स्थित टेलीमैडिसन केन्द्र मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है

इस बीच स्थानीय लोगों के अनुसार कोरोना संकट के दौरान उन्हें घाटी से बाहर जाने में दिक्कत हो रही थी ऐसे में टेलीमैडिसन केन्द्र में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से उन्हें राहत मिली है सर्दियों में भी ये सेवा लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है

प्रधानमंत्री ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामूहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है

वे अपने विचार नमो ऐप्प या माईगोव पर भी भेज सकते हैं

विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है